मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी नए मामले सामने आ रहे है वे अधिकांश मरीज क्वारंटीन में रखे गए थे और उनके ईलाज के लिए डाक्टरों व पैरामैडिकल स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था की गई है जयराम ठाकुर ने कहा कि बाहरी राज्यों से आए लोगों में संक्रमण के अधिक मामले सामने आए हैं उन्होंने प्रदेश के लोगों से भयभीत न होने का आग्रह किया है क्योंकि बाहर से आने वाले लोगों को जांच के बाद ही घर जाने की अनुमति दी जाएगी मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों से आए लोगों से सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है वीडियो कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के काजा उपमंडल में पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्पीति की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत की वे कल शिमला से मुख्यमंत्री एक बीघा योजना का शुभारंभ करने के अवसर पर बोल रहे थे इस दौरान जयराम ठाक्र ने कहा कि योजना के तहत एक लाख रुपये तक कृषि विभाग के माध्यम से शाक वाटिका के लिए खर्च किया जाएगा उन्होंने कहा कि ये कार्य मनरेगा योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जाएगा मुख्यमंत्री ने संतोष व्यक्ति किया कि कोरोना महामारी को लेकर स्पीति के लोगों द्वारा नियमों का सख्ती से पालन करने के कारण यहां एक भी मामला सामने नहीं आया है जावडेकर केन्द्रीय सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर जनता तक अपनी बात पहंचाने के लिए आज सामुदायिक रेडियो पर बातचीत करेंगे

यह बातचीत देशभर के सभी सामुदायिक रेडियो स्टेशनों पर एक साथ प्रसारित की जाएगी

इस बातचीत का उद्देश्य सामुदायिक रेडियो के जरिए देश के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों तक पहुंच बनाना है

इनमें से अधिकांश लोग मुम्बई से ट्रेन के माध्यम से लौटै हैं जबकि एक व्यक्ति पंजाब के जालंधर से आया था हमीरपुर से जिला संवाददाता हरीश नंदा ने बताया कि सभी संक्रमित व्यक्ति संस्थागत क्वारंटीन में रखें गए थे

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले और स्वास्थ्य निदेशक की गिरफ्तार से जुड़ी ख़बर को प्रमुखता दी है

अमर उजाला की सुर्खी है स्वास्थ्य निदेशक गिरफ्तार घर और दफ्तर में दबिश रिकार्ड किया सीज दिव्य हिमाचल का शीर्षक है घूस मांगने के आरोप में स्वास्थ्य विभाग के निदेशक गिरफ्तार दैनिक भास्कर का कहना है जांच में सहयोग नहीं करने पर हेल्थ डायरेक्टर डॉ अनिल गुप्ता अरेस्ट आपका फैसला के अनुसार लाखों के लेन देन वाले ऑडियो मामले में हेल्थ डायरेक्टर गिरफ्तार जबकि हिमाचल दस्तक लिखता है स्वास्थ्य निदेशक गिरफ्तार हिरासत में भेजा सस्पेंड

भाजपा विधायकों के विपक्ष का साथ देने पर दिल्ली ने तलब की रिपोर्ट पंजाब केसरी की एक अन्य ख़बर है आपका का कहना है जयराम ठाकुर ने किया मुख्यमंत्री एक बीघा योजना का शुभारंभ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

नमस्कार